अब स्वास्थ्य कर्मियों के साथ हिंसक कार्रवाई संज्ञेय और गैर जमानती अपराध माना जायेगा अध्यादेश में स्वास्थ्य सेवाकर्मियों को चोट पहचाने या उन्हें नुकसान पहचाने या सम्पत्ति को क्षतिग्रस्त करने पर क्षतिपूर्ति का प्रावधान किया गया है मंत्रिमण्डल की बैठक के बाद केन्द्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने संवाददाताओं को बताया कि स्वास्थ्यकर्मी कोविड नाइन्टीन महामारी से देश को बचाने का प्रयास कर रहे हैं इसलिए उन पर हमले द्भाग्यपूर्ण हैं उन्होंने कहा कि स्वास्थ्यकर्मियों के साथ हिंसा और उन्हें नुकसान पहंचाने को सहन नहीं किया जायेगा आरोग्यकर्मियों के खिलाफ कोई हिंसा या हरासमेंट अब बर्दास्त नहीं होगी और इसलिए उनको पूरा संख्यण देने वाला एक अध्यादेश आज लागू करने का फैसला हुआ है और राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर के बाद वह तत्काल प्रमाव से लागू होगा यह संज्ञान योग्य भी होगा और जमानत ने भिलने वाला होगा तीस दिन में इसकी इन्वेस्टीभेशन पूरी होगी सीनियर इसपेक्टर के तेबल से ही इन्वेस्टीभेशन होगी और एक साल में फैसला आयेगा गृह मंत्री अमित शाह ने आज भारतीय चिकित्सा संघ के डॉक्टरों के साथ वीडियो कान्फ्रेंस के जरिये बैठक की और कोविड नाइन्टीन के खिलाफ लड़ाई में उन्हें सुरक्षा का आश्वासन दिया स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी बैठक में उपरिथत थे श्री शाह ने डॉक्टरों की हर तरह से और विशेष रूप से कोरोना से लड़ने में भूमिका की सराहना की और विश्वास व्यक्त किया कि वे ऐसी ही निष्ठा के साथ आगे भी काम करते रहेंगे श्री शाह ने स्वास्थ्य कर्मियों पर हाल ही में हए हमलों की निंदा करते हए कहा कि प्रधानमंत्री ऐसी घटनाओं पर नजर रखे हैं और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध किए जायेंगे उन्हॉने डॉक्टरों से अपील की कि वे प्रतीकात्मक रूप से भी विरोध न करे क्योंकि ये राष्ट्रीय या वैश्विक हित में नहीं है डॉक्टरों का बिना किसी बाघा के प्रतीकात्मक रूप से विरोध का प्रस्ताव था सरकार द्वारा तुरंत उच्च स्तरीय कार्रवाई और गृह तथा स्वास्थ्य मंत्रियों के आश्वासन को देखते हुए भारतीय चिकित्सा संघ ने प्रस्तावित विरोध को वापस ले लिया है आज पृथ्यी दिवस है इसे पर्यावरण रक्षा के लिए विश्वव्यापी सहयोग प्रदर्शन के वास्ते मनाया जाता है उन्नीस सौ उन्हत्तर में यूनेस्को सम्मेलन को इस दिन को प्रस्तावित किया गया था और पहला पथ्वी दिवस उन्नीस सौ सत्तर में मनाया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पथ्यी दिवस के अवसर पर भरपूर देखभाल और अनुकपा के लिए धरती का आभार व्यक्त किया है टिवटर पर श्री मोदी ने कहा कि लोगों को ज्यादा स्वच्छ ज्यादा स्वस्थ और ज्यादा समृद्ध धरती बनाने की दिशा में कार्य करने का प्रण लेना चाहिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दस या दस से अधिक कोरोना संक्रमण के मामलों वाले जिलों में लॉकडाउन का सख्ती से अनुपालन कराने के निर्देश दिए हैं गृह विभाग तथा सुचना एवं जनसंपर्क विभाग के अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने आज लखनऊ में पत्रकार वार्ता में कहा कि मुख्यमंत्री ने इन जिलों में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के निर्देश हैं मुख्यमंत्री ने राज्य में कोविड नाइन्टीन की जांच कर रही प्रयोगशालाओं की क्षमता बढ़ाने के भी निर्देश दिए श्री अवस्थी ने कहा कि प्रदेश में पहले की अपेक्षा कोरोना मामलों की जांच में काफी वृद्धि हुई है श्री अवस्थी ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्णवंदी के दौरान आवश्यक सामग्री की निर्बाध आपूर्ति जारी रखने के भी निर्देश दिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह कश्रीनगर जिले के रामकोला क्षेत्र के पगार छपरा गांव के श्रीनारायण उर्फ भूलई भाई को फोन करके क्शलक्षेम पुछा एक सौ छह वर्षीय श्रीनारायण उर्फ भुलई भाई जिले की नेदआ नौरंगिया विधानसभा क्षेत्र से उन्नीस सौ चौहत्तर और उन्नीस सौ सतहत्तर में जनसंघ पार्टी से विधायक रहे हैं भूलई भाई उन्नीस सौ चौहत्तर में जनसंघ से जुड़े थे वह पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी बाजपेयी और वरिष्ठ भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी के भी प्रिय रहे हैं प्रदेश सरकार ने गौतमबुद्ध नगर जिले में कोविड नाइन्टीन के संक्रमण का फैलाव रोकने के लिए एहतियात के तौर पर दिल्ली नोएडा बॉर्डर को अगले आदेश तक पूरी तरह सील कर दिया है गौतमबुद्व नगर के जिलाधिकारी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि यह फैसला जिले के स्वास्थ्य विभाग की सलाह पर किया गया है प्रदेश सरकार ने राज्य के स्कूलों को आदेश दिया है कि पूर्णवंदी की अवधि के दौरान विद्यार्थियों से परिवहन शुल्क न वसूला जाए माध्यमिक शिक्षा विमाग की प्रधान सचिव आराधना श्क्ला के आदेश में कहा गया है कि अनेक स्कूल पूर्णबंदी के बावजूद सचिधा शत्क वसुल रहे हैं इस अवधि में स्कूल बंद हैं इसलिए किसी भी स्कूल को विद्यार्थियों के नामांकन के लिए सुविधा शुल्क नहीं लेना चाहिए